इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख तीन हजार एक सौ अड्डासी पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर संतानवे हजार चार सौ अस्सी लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है और राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर चार हजार आठ सौ चौदह पहुंच गई है

वहीं दूसरी ओर कल पूर्वी डक्षसहभूम में दो तथा लोहरदगा में एक मरीज की मौत हो गई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्षता करेंगे सम्मेलन का आयोजन वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश और आधारभूत अवसंरचना कोष ने किया है यह वैश्विक संस्थागत निवेशकों भारतीय व्यापार प्रमुखों भारत सरकार तथा वित्त बाजार संचालकों के बीच विशिष्ट संवाद का मंच है केन्द्रीय वित्त मंत्री वित्त राज्य मंत्री भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस सम्मेलन में भाग लेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सुधीर त्रिपाठी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रीत्रिपाठी को झारखंड कर्मचारी सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है

झारखंड सरकार की नियोजन नीति के तहत अधिसूचित जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट की वृहद पीठ ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया है साथ ही इसके तहत तेरह अधिसूचित जिलों में हुए हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को भी रद कर दिया था इसके चलते आठ हजार से अधिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई थी इसके खिलाफ शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी चौदह अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए राज्य सरकार को शिक्षकों को नहीं हटाने का आदेश दिया है इधर नियोजन नीति को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एके चौधरी की अदालत में कल पूर्व मंत्री हरिनारायण राय उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय की सजा निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है

इसके खिलाफ तीनों ने हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी

साहिबगंज जिले में तीन दिनों तक गंगा उत्सव का आयोजन किया गया इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जन सहभागिता पर जोर दिया गया

श्रीसोरेन ने कल ऑफर लेटर और इस आधार पर नियोजन से संबंधित विवाद की जांच कराने का निर्देश देते हुए शीघ्र रिपोर्ट मांगी है जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में दो वर्षो में समिट का आयोजन कर एक लाख तैंतीस हजार से अधिक युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी उन्हें ऑफर लेटर दिया गया था विधानसभा सत्र के दौरान विधायक प्रदीप यादव ने इस सदर्भ में कई गंभीर सवाल खड़े किए थे राज्य सरकार ने दिसंबर तक खर्च के लिए पूर्व निर्धारित पच्चीस प्रतिशत की सीमा बढ़ा कर पचास प्रतिशत कर दी है वित्त विभाग ने कल इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद दिसंबर तक कोषागार से निकासी की सीमा पच्चीस प्रतिशत से बढ़ा कर पचास प्रतिशत कर दी है सरकार के सभी विभाग अपने बजट के मुकाबले दिसंबर तक अब पचास प्रतिशत राशि की निकासी कर सकते हैं

इस स्थिति से निबटने के लिए सरकार चालू वित्तीय वर्ष में खर्च को नियंत्रित करती रही है

अक्तूबर में सरकार ने पांच लाख रुपये तक की बकाया राशि की निकासी की अनुमति दी थी इसके बाद बजंट प्रावधान के मुकाबले दिसंबर तक सिर्फ पच्चीस प्रतिशत राशि खर्च करने की अनुमति दी गयी थी

सभी पर फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर लोगों के एटीएम बैंक खाता और ओटीपी की जानकारी हासिल कर ठगी करने का आरोप है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में टेलीविजन दर्शकों का अनुमान लगाने वाली रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेंपटी इस समिति के अध्यक्ष होंगे आईआईटी कानपुर में गणित और सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी के प्रोफेसर शलभ सी डॉट के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजक्मार उपाध्याय और डिसीजन साइंसेज सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर पुलक घोष समिति के सदस्य होंगे चतरा जिले के कोयला नगरी टंडवा थाना क्षेत्र में रहने वाले टाना भगतों के आंदोलन को जामा विधायक सीता सोरेन ने समर्थन दिया है श्रीमती सोरेन ने कल चतरा परिसदन भवन पहुंचकर पहले टाना भगतों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना उन्होंने टाना भगतों की मांगों को जायज बताते हुए उन्हें अविलंब वन भूमि पट्टा दिलाने की बात कही

छापेमारी के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर अफीम तस्कर भाग निकले अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने अमेरिका मे राष्ट्रपति चुनाव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है बाइडन का दावा जीतेंगे हम ट्रंप बोले हो रही धोखाधड़ी शीर्षक से प्रभात खबर ने खबर प्रकाशित किया है

वहीं दूसरी ओर दैनिक भास्कर का शीर्षक है ट्रंप कार्ड फेल

जिसका शीर्षक है आत्मनिर्भर बिहार में कानून का राज बनाये रखना हमारा लक्ष्य